प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की श्र् रूआत की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर अवसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा बाइट आज खगडिया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना इसी जरूरत को पूरा करने का बहुत बड़ा माध्यम है

हमारा प्रयास है इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते है कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो बाइट लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया देश तो सेना पर गर्व करता ही है लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात की जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरूआत की जा रही है उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है

इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं बनाई जा सकेंगी

इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने खगड़िया जिले के तेलीहर पंचायत के प्रवासी श्रमिकों से बातचीत भी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि उन्नाव जनपद में एक प्राइमरी स्कूल में रूके मजदूरो ने स्कूल का कायाकल्प कर दिया और इस घटना ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना को शुरू करने की प्रेरणा दी लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी से इस प्रसंग को साझा किया

पेंटिंग का अच्छा काम जानते थे तो इन लोगों ने मिल करके नारायणपुर ग्राम पंचायत का जो सरकारी स्कूल में बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो थोड़ी जानकारी थी सन्देश देने वाली थी यह सब पेंटिंग बनाकर के पूरे स्कूल की कायाकल्प कर दिया कायाकल्प से प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में उन्नाव के इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इन मजदूरों की तारीफ की गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारम्भ किये जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस अभियान को संचालित करते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिये कृतसंकल्पित है कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लगाये गये लॉकडाउन के बाद अपने गांव वापस आये श्रमिकों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने के उददेश्य से देश के छह राज्यों के एक सौ सोलह जनपदों में एक सौ पच्चीस दिन का यह अभियान संचालित किया जा रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कामगारों की रूचि और कौशल के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार के कार्य कराये जायेंगे इस अभियान में प्रदेश के जो जनपद चयनित किये गये हैं उनमें सिद्धार्थनगर प्रयागराज बहराइच बलरामपुर जौनपुर हरदोई आजमगढ़ बस्ती गोरखपुर सुल्तानपुर कुशीनगर संतकबीरनगर बांदा वाराणसी और गाजीपुर भी शामिल है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

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सिद्धाथनगर जिले को भी शामिल किया गया है घर वापस लौटे श्रमिकों और गांव वालों को इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे

बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किये गये इस अभियान से कोरोना के चलते प्रभावित किसान और मजदूर वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा तथा उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी जिसके माध्यम से गरीबी को दूर करने में अत्यधिक मदद मिलेगी उन्होंने क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुरू होने से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव में भी प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों में खुशी और उत्साह है बाइट मैं वाराणसी के जयापुर गांव का निवासी हूं मेरी पढ़ाई पालिटेक्निक मैकेनिकल ऑटो मोबाइल से कम्पलीट हुई पढ़ाई के बाद मैं नोएडा के लिमिटेड कम्पनी में कार्यरत था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मेरी जॉब छूट गई आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत की जिससे हम लोगों में खुशी का माहौल है और अपने ही जिले या आसपास काम करने को मिलेगा जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाये इसके लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल अपने सरकारी आवास पर यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे के संबंध में दिये गये प्रस्तुतीकरण को देखने के दौरान दिये उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रे वे भविष्य में वाराणसी से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जाये एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास एवं व्यवसायिक उपयोग के रूप में चिन्हित किया जाये और दुर्घटनाओं को न्यूनतम रखने के लिये उपाय किये जाये मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण से दिल्ली प्रयागराज की सड़क मार्ग से यात्रा लगभग छह घंटे में पूरी की जा सकेगी

कहीं भी योग पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जायेंगे प्रदेश आयुष मिशन के निदेशक राजकमल यादव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस बार लोग घरों पर ही योग करे और अपने फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करे

अपने योगाभ्यास करते हुए वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करे और उसको शेयर करते समय हैशटैग योग विद सीएमयूपी एण्ड हैशटैग माइ योग माई लाइव का उपयोग जरूर करे